उत्तराखंड के चमोली हादसा में झारखंड के तैतीस लोग हैं सुरक्षित हवाई जहाज से लाये जाएंगे वापस चौदह लापता लोगों की तलाश जारी राज्यभर में अब तक एक लाख साढ़े सत्रह हजार से अधिक लोग कोरोना को दे चुके हैं मात सिर्फ चार सौ छप्पन रह गई है सक्रिय मामलों की संख्या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

किसान मेला राज्य सरकार लाह की खेती को कृषि का दर्जा देगी और और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करेगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान नामकुम में आयोजित दो दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में यह घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना सरकार का संकल्प है इसे लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है जिसके जरिए किसानों को अनुदान ऋण और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड में कुषि और कुषि उत्पादों के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए नए गोदाम और फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाने पर सरकार विशेष जोर दे रही है पूरे राज्य में लगभग पांच सौ नए गोदाम और दो सौ चौबीस फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जा रहे हैं इस मौके पर लाख की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान और आईसीआईसीआई फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ वहीं लाह की खेती में बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों वैज्ञानिकों और उद्यमियों को सम्मानित किया गया बजट चर्चा संसद के दोनों सदनों में आज केन्द्रीय बजट पर चर्चा जारी रहेगी लोकसभा में माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक दो हजार इक्कीस विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की अनुपूरक अनुदान मांगों को प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगी कार्रवाई झारखंड के बहुचर्चित दवा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी डाक्टर प्रदीप कुमार की राजस्थान के उदयपुर स्थित दो फ्लैट जब्त किया है डाक्टर प्रदीप कुमार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान के निदेशक थे ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉड्रिंग एक्ट में की है सीबीआइ की चार्जशीट के आधार पर ईडी ने इस पूरे प्रकरण की जांच शुरू की थी

इसमें रांची स्थित फ्लैट व बैंकों में जमा रुपये शामिल थे आयकर छापा ठेकेदार पंचम सिंह की संपत्ति और व्यवसाय से संबंधित रांची स्थित नौ ठिकानों पर पिछले तीन दिनों से चल रही छापेमारी कल खत्म हो गई पंचम सिंह की कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्कूल के आय व्यय में अनियमितता की सूचना पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी

छठी जेपीएससी झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी के अंतिम परिणाम को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है

इस मामले में अदालत लगातार सात दिनों से सुनवाई कर रही थी बच्चों की तस्करी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ में कोरोना काल में गायब हुए बच्चों के मामले में कल सुनवाई हुई इस दौरान अदालत ने सरकार से बच्चों की तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी मांगी अदालत ने लापता बच्चों के पुनर्वास और तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी मांगी

वे सुरक्षित हैं और झारखंड वापस आना चाहते हैं वहीं चौदह लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्टेट कंट्रोल रूम को मिली जानकारी के अनुसार चमोली में काम कर रहे लोहरदगा के नौ रामगढ़ के गोला के चार तथा बोकारो के पेटरवार के एक श्रमिक का अभी तक पता नहीं चल पाया है उन्हें खोजने के लिए उत्तराखंड सरकार तथा वहां के जिला प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है जिन लोगों का अभी तक सुरक्षित होने का पता चल पाया है उनमें लातेहार के दस जामताड़ा के सात रामगढ़ के दुलमी के सात दुमका के चार बोकारो के पेटरवार के तीन हजारीबाग के दो लोग शामिल हैं चमोली में काम कर रहे रामगढ़ के एक व्यक्ति ने स्टेट कंट्रोल रूम को जानकारी दी कि उनके अलावा नौ लोग सुरक्षित हैं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्वीकृति मिलने के बाद श्रम विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है निधन रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के बारीडीह गांव निवासी मांडर विधानसभा के पूर्व विधायक विश्वनाथ भगत का लंबी बीमारी के बाद कल शाम निधन हो गया

विश्वनाथ भगत पिछले कुछ वर्षों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे पिछले दिनों दिल्ली के अस्पताल में इलाज कराने के बाद वे अपने आवास रांची के अरगोड़ा स्थित पिपरटोली लौट आए थे

राज्य में अबतक एक लाख सत्रह हजार छह सौ उनहतर लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और संक्रिय मामलों की संख्या घटकर चार सौ छप्पन रह गई है राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान पैंतालीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जिनमें रांची के चौबीस पूर्वी सिंहभूम के दस धनबाद के पांच लातेहार के तीन सिमडेगा के दो तथा देवघर का एक नया संक्रमित शामिल है वहीं अन्य जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है राज्य में चौबीस घंटे के भीतर किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है

इससे खर्च में कमी आयेगी तथा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसान ईंधन पर हर वर्ष एक लाख रुपए से अधिक की बचत कर सकेंगे

उन्नीस सौ सतासी बैच के आइपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा के पास भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार था राज्य के प्रभारी डीजीपी एमवी राव अग्निशमन एवं गृह रक्षा वाहिनी के डीजी बने रहेंगे नीरज सिन्हा के डीजीपी बनने से अब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से स्वीकृति लेने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके नाम की स्वीकृति आयोग से पूर्व में ही मिल चुकी है नीरज सिन्हा के नाम पर राज्य सरकार ने मुहर लगाते हुए कल झारखंड का डीजीपी बनाने पर सहमति दे दी इससे संबंधित अधिसूचना भी कल जारी कर दी गई है

इसे लेकर किसानों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जा रहा है

इस मौके पर नाबार्ड अधिकारी ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए लोहरदगा में एक एफपीओ का गठन किया जाना है एफपीओ को अगले पांच वर्षों तक उत्पादन प्रोसेसिंग बाजार उपलब्ध कराना तकनीक का इस्तेमाल क्रेडिट लिंकेज की सहायता प्रदान की जाएगी

वहीं वाहन चालकों को वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करने शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने हेलमेट तथा सीट बेल्ट पहनने की सलाह दी गई

अदालत ने कल दोनों पक्षों के बयान को रिकॉर्ड करते हुए डीके पांडेय और उनके परिजनों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने भारत चीन सीमा से चीनी सैनिकों की वापसी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है उलटे पांव ड्रैगन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता चीनी सैनिकों की वापसी की खबर को प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने लिखा है पैंगोंग से पीछे हट रही हैं सेनाएं जबकि दैनिक जागरण ने संसद में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के बयान एक इंच जमीन न दी न देंगे को शीर्षक बनाया है झारखं डमें लाह की खेती को कृषि से जोड़ने की खबर को प्रभात खबर और रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है बोकारो जिले के लुगु पहाड़ी में सीआरपीएफ और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में दो जवानों के घायल होने की खबर को अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है